मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा केन्द्र और प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर है गंमीर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ट्र लेन मार्ग से जुड़ेगें प्रदेश के सभी तीन सौ सोलह तहसील मुख्यालय तथा आठ सौ सत्रह विकास खण्ड केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने लखनऊ में निर्मया फंड योजना के अन्तर्गत एक सौ चौरानवें करोड़ रूपये से अधिक की सेफ सिटी परियोजना को दी मंजूरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में सूह्य लघु और मझौले उद्यमों को समर्थन देने और उन तक सुक्वियएं पहुंचाने का आउटरीच कार्यक्रम शुरू करेंगे इस अक्सर पर ऋण उपलब्ध कराने बाजार सुक्वियाएं ज्टाने और कारोबार की अन्य सुक्वियाएं देने के बारे में घोषणाए की जा सकती हैं वित्त मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया है कि आउटरीच कार्यक्रम देश भर के सौ जिलों में सौ दिन तक चलेगा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 सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौड़ ने कहा है कि सेना के जवानों की तरह मीडियाकर्मी भी देश की सेवा करते हैं

सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रसार भारती श्री साहू के परिवार के साथ खड़ा है उन्होंने कहा कि दूरदर्शन देश को सूचनाएं उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निमा रहा है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केन्द्र और प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुक्वियों को लेकर बेहद गम्मीर है गुर्दा रोगियों की बढ़ी संख्या को देखते हुये सरकार समी जिला अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करा रही है उन्होंने कहा कि अन्य अस्पतालों में भी यह सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी श्री योगी कल गोरखपुर के जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण करने के बाद संवाददातओं से बातवीत कर रहे थे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 इस वर्ष अक्तूबर में वस्तु और सेवा कर से एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली हुई सितम्बर में वस्तु और सेवा कर के रूप में चौरानबे हजार करोड़ रुपये की वसूली हुई थी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 रेल यात्री बिना आरक्षण वाली सामान्य श्रेणी की टिकटों की कल से ऑन लाइन बुकिंग शुरू कर दिए इसके लिए यात्रियों को ग्गल प्ले स्टोर या किंडो स्टोर से अपने मोबाइल पर यू टी एस एप डाउनलोड करना होगा समी जरूरी जानकारियां रजिस्टर करने के बाद यात्रियों को यू टी एस मोबाइल एप पर एक यूजर आई डी और पासवर्ड दिया जाएगा जिसके माध्यम से वे लॉग इन करके सामान्य टिकट बुक करा सकेंगे रेलवे बोर्ड के यातायात विभाग के सदस्य गिरीष पिल्लई ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस नई सुविधा से यात्रियों को बहुत फायदा होगा प्रदेश के सभी तीन सौ सोलह तहसील मुख्यालय तथा आठ सौ सत्रह विकास खण्ड दो लेन मार्ग से जोडे जायेंगे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि तीन सौ सोलह तहसील मुख्यालयों में से छब्बीस तहसील मुख्यालय दो लेन मार्ग से नही जुड़े थे उनको जोड़ने की कार्यवाही प्रगति पर है अब तक इक्कीस तहसील मुख्यालयों के लिए दो सौ पैसठ करोड़ छिहत्तर लाख रूपये की लागत से लगभग दो सौ दस किलोमीटर मार्ग निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं रोष की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है श्री मौर्य ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के आठ सौ चौसठ मार्गों का चार लेन चौड़ीकरण सुद्दढ़ीकरण एवं बाई पास निर्माण का कार्य प्रगति पर है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 उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जनाघार लगातार बढ़ता जा रहा है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 श्री मौर्य कल जौनपुर में बदलापुर महोत्सव का शुभारम्म कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने पवहत्तर करोड़ रूपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और एक सौ बावन करोड़ रूपये की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया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 केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लखनऊ में निर्मया फंड योजना के अन्तर्गत एक सौ चौरानवें करोड़ रूपये से अधिक की सेफ सिटी परियोजना को मंजूरी दी है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 यह परियोजनाएं निर्मया फंड के अन्तर्गत स्थापित की जायेंगी परियोजना का उददेश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाना है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 लखनऊ में सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश पूलिस द्वारा नगर पालिका निकाय तथा शहरी यातायात प्राधिकरण की सहायता से लागू की जायेंगी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 महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जायेगा विन्हित क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटिंग में सुधार किया जायेगा साथ ही बसों में कैमरों सहित महिला सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमत में प्रति सिलेंडर दो रुपये चौरान्नबे पैसे की वृद्धि की गई है भारतीय तेल निगम ने एक बयान में कहा है कि इस बढ़ोतरी के बाद अब इस महीने दिल्ली में सिलेंडर पांच सौ पांच रूपये चौतीस पैसे का मिलेगा